मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमण्डल के साथ यूएई के पर्यावरण मंत्री डॉक्टर थनी अल जियोदी से भेंट की और उन्हें पर्यटन व रियल एस्टेट के क्षेत्र में निवेश के लिए आमंत्रित किया मुख्यमंत्री ने बाद में दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष माजिद सेफ अल घुरैर के साथ भी बैठक की इस दौरान यूएई चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इन्वेस्टर मीट में भरपूर सहयोग का आश्वासन दिया बैठक में निर्णय लिया गया कि हिमाचल प्रदेश सरकार उन परियोजनाओं की सूची चैम्बर को उपलब्ध करवाएगी जिनमें निवेश की अधिक सम्भावनाएं हैं इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने दुबई के लुलु इन्टरनेशनल ग्रुप को भी प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया

शिमला में इसकी शुरूआत शिक्षामंत्री सुरेश भारद्वाज ने की उन्होंने इस मौके पर कहा कि डायरिया की बीमारी पर नियंत्रण के लिए लोगों को जागरूक करना जरूरी है उन्होंने कहा पहले देश में डायरिया के कारण हर साल लगभग एक लाख बच्चों की मौत हो जाती थी लेकिन केन्द्र और प्रदेश सरकारों के प्रयासों से इस पर काफी हद तक नियंत्रण कर लिया गया है

इस पखवाड़े के दौरान सभी जिला अस्पतालों प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और स्वास्थ्य उपकेन्द्रों पर पांच वर्ष तक की आयु वाले सभी बच्चों को ओआरएस और जिंक की गोलियां दी जाएगी मण्डी में इस अभियान की शुरूआत उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने बच्चों को ओआर एस का घोल पिलाकर की चम्बा चम्बा जिला को केन्द्र सरकार के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत स्वस्थ और पोषण के क्षेत्र में देशभर में पहला स्थान हासिल हुआ है उपायुक्त विवेक भाटिया ने बताया कि चम्बा जिला ने इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस के आधार पर देशभर में ये मुकाम हासिल किया है

उन्होंने कहा कि इस राशि से पहले चरण में एमआरआई और सिटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध करवाने पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा भाटिया ने ये भी कहा कि जिले में महिलाओं को गर्भावस्था का पता चलने के तुरंत बाद जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा सहजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने कहा है कि मेले हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है और इससे आपसी मेलजोल तथा भाईचारा बना रहता है राजीव सहजल राज्यस्तरीय शूलिनी मेले के समापन अवसर पर बोल रहे थे उन्होंने इस मौके पर माता शूलिनी पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन भी किया तीन दिवसीय शूलिनी मेले में सोलन की अधिष्ठात्री देवी माँ तीन दिन तक अपनी बहन के पास रहने के बाद वापिस शूलिनी मंदिर चली जाती हैं शूलिनी मेले के दौरान सांस्कृतिक संध्याओं का भी आयोजन किया गया अंतिम सांस्कृतिक संध्या के मौके पर सूफी गायक सतिंदर सरताज और पार्श्व गायक प्रण शिवा ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया सतिंदर सरताज ने इस मौके पर युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश भी दिया डीसी मण्डी मण्डी के उपायुक्त ऋग्वेद ठाक्र ने कहा है कि जिले में शीघ्र ही गौ अभ्यारण्य बनाया जाएगा इससे जहां लगभग एक हजार बेसहारा पशुओं को आश्रय मिलेगा वहीं फसलों को को नुकसान और सड़कों पर लोगों को होने वाली परेशानियों से भी छुटकारा मिलेगा